श्री मोदी ने वैश्वीकरण तथा बेहतर बहफ्वीय व्यवस्था के प्रति भारत की वचनबद्वता दोहरायी

सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेण्डर की कीमत छह रूपए बावन पैसे घटाई गई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्वीकरण और संशोधित बहुप्वीय व्यवस्था के प्रति भारत की वचनबद्दता की फिर से पुष्टि की है

उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को अपने हितों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संगठनों में मिलकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी

दोनों नेताओं ने भारत और चीन के बीच आपसी षरोसा और मित्रता बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयासों के बारे में चर्चा की बैठक में श्री मोदी ने कहा कि यह साल भारत चीन संब्यों की दृ ष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत की विदेश नीति देश हित में है और आतंकवाद के चलते पाकिस्तान से बातवीत नहीं हो सकती श्री योगी कल बलरामपुर में थारू जनजाति के लिए विशेष छात्रावास का शिलान्यास कर रहे थे उन्होंने कहा कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ संभव नहीं है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए युद्धस्तर पर कार्य करा रही है उन्होंने कहा कि पिछड़ेपन की मार झेल रहे थारू जनजाति के गरीब परिवारों को सरकार की कत्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जा रहा है शक्ति पीठ देवी पाटन मन्दिर में ब्रहमलीन महंत महेन्द्रनाथ योगी की पुण्य तिथि पर आयोजित श्रद्वांजलि सभा में श्री योगी ने कहा कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित शक्तिपीठ दोनों देशों के बीच मैत्री संबंधों का मुख्य आधार है उन्होंने कहा बलरामपुर जनपद स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के पिछड़े एक सौ पन्द्रह जिलों में शामिल किया है जनपद के विकास के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चलाया जा रहा है कल ही मुख्य श्री योगी ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राविकरण गीदा के तीसवें स्थापना दिवस समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में पूर्वान्वल एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा बनाया जायेगा उन्होंने कहा कि गीडा क्षेत्र में पन्द्रह सौ करोड़ रूपये का निवेश होने जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है श्री योगी इस अवसर पर एक निजी कम्पनी के परिसर में पांच सौ दस करोड़ रूपये की लागत केप्लांट के विस्तारिकरण का शिलान्यास भी किया कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और मुख्य सचिव अनूप चन्द्र पाण्डेय भी उपस्थित रहे कौशल विकास और उद्यमिता तथा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रघान ने कहा है कि सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है

स स स भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि फ्र्वानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशमर के किसानों के कल्याण के लिए दिनरात कार्य कर रहे हैं पार्टी प्रवक्ता संवित पात्रा ने कल नई दिल्ली में कहा कि हाल में सरकार ने किसानों के फायदे के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्वि की है उन्होंने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड और नीम लेपित यूरिया जैसी पहल ने कृषि क्षेत्र को काफी बढ़ावा दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद गन्ना किसानों के भूगतान में तेजी आ गयी है कल एक दिन में ही तीन हजार पचास करोड रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान किसानों के खातों में भेजा गया है गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने बताया योगी सरकार के आने के बाद तैतालिस हजार करोड रुपए का गन्ना किसानों का अब तक का ऐतिहासिक भूगतान कराया है और आज का दिन तो बहुत ऐसी हाथ ऐतिहासिक दिन है कि माननीय योगी जी के निर्देश पर आज एक दिन में ही तीन हजार पचास करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान निर्जित हुआ है जो सीधा गन्ना किसानों के खाते में गया है और मैं कह सकता हूं आज का दिन गन्ना किसानों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है इसके अलावा अन्य चीनी मिलों पर बकाया भगतान को साफट लोन के माध्यम से दिये जाने की प्रकिया चल रही है प्रदेश सरकार ने अनुपूरक अनुदान के माध्यम से निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को चार हजार करोड़ रूपये का साफट लोन देने की प्रक्रिया श्रू की थी

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि नीति विकास संवाद के आयोजन से पता चलता है कि नीतियों में स्वास्थ्य का प्रमुख स्थान है ये नई दिल्ली में नये भारत की स्वास्थ्य प्रणाली पर विकास संवाद के सत्र को संबोधित कर रहे थे श्री राजीव कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य से जुड़े पक्षकारों के बीच जड़ता समाप्त करने नीतियों तथा योजनाओं के विकेन्द्रीकरण को रोकने और स्वास्थ्य योजनाओं के कार्यान्वयन से सम्बद्ध मंत्रालयों के बीच समन्वय की अधिक आवश्यकता है उन्होंने कहा कि पोषण अभियान और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं देश के संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली में अभूतपूर्व नवाचार हैं

नई दरें बीती आधी रात से लागू हो गयी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कहा है कि कर प्रभाव और ईघन की बाजार दर में कमी के कारण ऐसा किया गया है

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरने और रुपये के मजबूत होने र्से ऐसा संमव हुआ है

मराठी गीत रामायण का कार्यक्रम वाराणसी आगरा और मेरठ शहरों में जनवरी माह में आयोजित किया जायेगा प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित एक बैठक के दौरान इस बात का निर्णय लिया गया

यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के बीच सांस्कृतिक समझौते के अन्तर्गत आयोजित किये जायेंगे